रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून व व्यवस्था लागू करना ही एक मात्र तरीका है पंचकूला हिंसा मामले में डेरा सिरसा कार्यकर्ता हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर देशद्रोह की धारा हटा दी गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थाईलैंड की तीन दिन की यात्रा पर बैंकाक पहुंच गए हैं

नैशनल इनडोर स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम का नाम सावास्दी पीएम मोदी हैं कार्यक्रम के आयोज अत्ल जोगानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार हमारे बैंकाक में आ रहे हैं तो भारतीय समुदाय के लोग उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं

वह तीसरे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने का एकमात्र तरीका यही है कि सभी वर्तमान अंतर्राष्ट्री कानूनों एवं व्यवस्थाओं का पूरी तरह से और बिना दोहरे मानदण्डों के पालन हो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आज शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद समाज में रूकावटें खड़ी कर रहा है और विकास के प्रयासों को सफल नहीं होने दे रहा इसलिए जरूरी है कि संगठन के सभी देश इसके खिलाफ एकजुट हों

उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग लोगों के भविष्य को मजबूत बनाने की नींव है और लोगों का बेहतर जीवन सुनिश्चित करता है उन्होंने कहा कि एकतरफा और संरक्षणवाद से किसी का भला नहीं हुआ रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के साथ पारदर्शी नियमबद्व खुले समावेशी और गैर भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है

केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वायु प्रदूषण से रिपटने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर प्रयास करने होंगे आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि वे देश की राजधानी में वायु प्रद्षण के मुददे पर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से सामाजिक एवं युवा गतिविधियों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले युवा एवं युवा संगठनों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर जिला एवं राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जायेगा

संस्थागत क्षेत्र में श्रमिक अब सार्वभौमिक भविष्य निधि खाता संख्या ऑनलाईन बना सकते हैं सेवानिवृति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने श्रमिकों के लिए अपने डिजीटल प्लेटफार्म पर पंजीकरण कराने के लिए एक इंटरनेट आधारित प्रणाली विकसित की है अब तक श्रमिक युनिवर्सल अकाउंट नंबर प्राप्त करने के लिए अपने मालिकों के माध्यम से आवेदन करते थे

पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटाई गई

डेरा सच्चा सौदा की कार्यकर्ता हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला हिंसा मामले में आज सुनवाई हई

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से सामाजिक एवं युवा गतिविधियों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले युवा एवं युवा संगठनों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर जिला एवं राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जायेगा

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से आहवान किया है कि प्रदेश के सभी कांग्रेसजन पूरी सक्रियता के साथ एकजुट होकर भाजपा की नीतीयों के विरूद्व जोर शोर से आवाज उठाने के लिए कमर कस लें

कुमारी सैलजा ने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए सभी जिलों के लिए संयोजक नियुक्त कर दिए हैं छठ पर्व पर आज यमुना के घाटों पर श्रद्वालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है यमुनानगर के बाड़ी माजरा जगाधरी के दड़वा अमादलपुर बूडिया दादुपुर हथनीकुंड बैराज आदि घाटों पर आज शाम डूबते सूर्य को उपवास रख रही महिलाएं अर्घ्य देंगी वहीं कल सुबह ये महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संतान के सुख दीर्घायु की मंगल कामना करेंग जिला यमुनानगर में उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ से एक लाख से ज्यादा लोग रहते हैं ये परिवार खासतौर पर छठ का पर्व मनाते हैं वहीं प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं यहां पर पुलिस जवानों के अलावा रैस्कयू बोट गोताखोर एंबुलेंस व दमकल की गाडियां तैनात हैं

समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्मॉग की चादर के कारण प्रदेश का शिक्षा विभाग भी मुस्तैद हो गया है शिक्षा विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है

बता दें कि दिल्ली सहित समूचा एनसीआर क्षेत्र पराली जलने व दीपावली पर हुई आतिशबाजी की वजह से स्मॉग के घेरे में लिपटा हुआ है

रात्रि चेकिंग अभियान में डीसीपी एसीपी के अलावा थाना प्रभारी चौकी प्रभारी क्राइम ब्रांच अन्य यूनिट के अधिकारी व कर्मचारियों ड्यूटी पर तैनात थे